इस चरण में तेरह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की एक सौ सोलह सीटों के लिये वोट डाले जा रहे है गुजरात की सभी छब्बीस केरल की सभी बीस महाराष्ट्र और कर्नाटक की चौदह चौदह उत्तर प्रदेश की दस छत्तीसगढ़ की सात ओडिसा की छह बिहार और पश्चिम बंगाल की पांच पांच असम की चार गोवा की दो जम्मु कश्मीर दादर नगरहवेली दमण दीव और त्रिपुरा की एक एक सीट पर मतदान होगा अधिकांश क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा गुजरात में सभी छब्बीस लोकसभा सीटों के लिये इस चरण में मतदान होगा इस चरण में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वासवा मोहन कंडारिया और भरत सिंह सोलंकी प्रमुख उम्मीदवार हैं केरल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री केजे अलफोंस शशि थरूर के राजशेखरन सुरेश गोपी और के सुरेंद्रन प्रमुख उम्मीदवार हैं उत्तरप्रदेश में मुलायम सिंह यादव संतोष गंगवार जया प्रदा वरुण गांधी शिवपाल यादव और आज़म खान प्रमुख उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कोरिया जिले का सेराडांड सबसे छोटा मतदान केन्द्र है यहां तीन पुरूष और एक महिला सहित सिर्फ चार मतदाता है

राज्य में अर्धसैनिक बलों समेत साठ हज़ार सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये हैं

कल भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाक्र सागर से राय बहादुर सिंह भिण्ड से संध्या राय विदिशा से रमाकांत भार्गव और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से केपी यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी विदिशा से शैलेन्द्र पटेल सागर से रघुसिंह ठाकुर के भी नामांकन पत्र दाखिल करने की खबर है मुरैना संसदीय क्षेत्र से कल भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर सहित सात उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किये प्रत्याशी सूची भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिला है वही कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुक्केबाज विजेन्दर सिंह को टिकट दिया है

प्रतिबंध आज से प्रभावी होगा इससे पहले निर्वाचन आयोग ने श्री सिद्ध को बिहार के कटिहार जिले में रैली के दौरान धार्मिक आधार पर वोट मांगने के लिए नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट राहुल उच्चतम न्यायालय आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें शीर्ष न्यायालय के राफेल से जुड़े निर्णय के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष ने कल उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर अपनी उन टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त किया था जो गलत तरीके से उच्चतम न्यायालय के फैसले से जोड़कर कही गई थीं श्री राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में कहा कि उन्होंने यह बयान राजनीतिक चुनाव प्रचार के जोश में दिया था उच्चतम न्यायालय ने श्री राहुल गांधी को उनके बयान पर कल तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था

इस बार टीकमगढ़ दमोह और सतना लोकसभा सीट के मुद्दे और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जायेगी

रामजन्म भूमि मामले में उनके बयानों के बाद उन पर ये प्राथमिकी दर्ज की गई है शनिवार कॉ प्रज्ञा ठाकुर ने कथित तौर पर अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में बयान दिया था भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस जारी किया और उन्हें अपनी टिप्पणियों के स्पष्टीकरण के लिए एक दिन का समय दिया था हालांकि निर्वाचन आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है इसलिए भोपाल के कमला नगर पुलिस थाने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई सुश्री ठाकुर के खिलाफ आल इंडिया उलमा बोर्ड ने भी शिकायत की है चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के प्रचार में तेजी आ गई है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देशभर में कई रैलियां कर रहे हैं प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं की संभाएं हैं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज छतरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल और जबलपुर में जनसभाएं करेंगे केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज आज रायसेन में चुनावी प्रचार करेंगी

इससे पहले डेल्ही कैपिटल्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया

आज चेन्नई में सन राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा

पुलिस ने यह मादक पदार्थ भोपाल निवासी एक महिला से पकड़ा है